मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के दिये संकेत कहा राज्य की जनता को कोरोना से बचाना पहली प्राथमिकता

अण्डमान बंगलादेश और नेपाल से भी प्रवासियों को लाने की तैयारी केन्द्र ने मई और जून महीने के लिए झारखण्ड समेत अन्य राज्यों के लिए आठ लाख मीट्रिक टन अनाज का किया आवंटन

इनमें आज धनबाद में मिले तीन और जमषेदपुर में मिले पांच नये केस भी शामिल हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लॉकडाउन बढाने के संकेत दिये हैं रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को वैष्विक महामारी कोरोना से बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है

कोरोना संक्रमण की जांच तेज करने के लिए राज्य सरकार ने दमका देवघर और हजारीबाग में भी लैब स्थापित करने का फैसला किया है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमषेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तीनों जिलों में जल्द ही जांच प्रयोगषालाएं काम करने लगेगी

इसके साथ ही कोरोना संकट काल में बेरोजगारी का दंष झेल रहे मजदूरों को रोजगार भी ेमिलने लगा है काफी दिनों बाद फिर से काम शुरू हो जाने से मजदूरों में उत्साह है

इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर बयालीस दशमलव आठ आठ प्रतिशत हो गई है

देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख पैसठ हजार सात सौ निन्यानवे हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस महामारी से अब तक चार हजार सात सौ छह लोग जान गंवा चुके हैं

ये समी कामगार द्मका के रहने वाले हैं कामगारों का यह जत्था अब से थोड़ी देर बाद रांची पहुंचेगा बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन कामगारों का स्वागत करेंगे रांची से सम्मान रथ के जरिये आज ही इन सभी प्रवासी कामगारों को दुमका भेजा जायेगा केंद्र सरकार द्वारा उड़ान सेवाओं को शुरू करने के लिए अनुमति देने के बाद राज्य सरकार ने सभी साधनों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं

इसके अलावा बांग्लादेष और नेपाल में भी कुछ कामगारों के फंसे होने की सूचना है इन सभी जगहों से कामगारों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है कल पोर्ट ब्लेयर से प्रवासी कामगारों का एक जत्था एक निजी विमान के जरिये झारखण्ड लौटने वाला है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

हजारीबाग में भी आज विधायक जयप्रकाष भाई पटेल ने इस योजना का श्भारंभ किया मुख्यमंत्री आहार योजना के तहत होम क्वारंटीन में रह रहे प्रवासी कामगारों को खादय सामग्री दी जायेगी विधायक श्री पटेल ने कहा कि इस योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहंचे इसके लिए उनका प्रयास जारी रहेगा इस बीच जिले के उपायुक्त डॉ भुवनेष प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में अब तक आठ हजार प्रवासी मजदूरों को चिन्हित किया गया है जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा

दमका के तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष ओम प्रकाष सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है मुख्यमंत्री ने गिरिडीह के प्रधान डाकघर और टाउन उपडाकघर से फर्जी निकासी मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है ग्यारह करोड चौसठ लाख से ज्यादा रूपयों की फर्जी निकासी से सम्बंधित यह मामला गिरिडीह नगर थाने में दर्ज है संक्षिप्त खबरें चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के भुरकंडा जंगल में आज हए एक भीषण सडक हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई ट्रक इटखोरो से चतरा की ओर जा रहा था इसी दौरान अनियंत्रित होकर एक पेड से जा टकराया कांग्रेस के झारखण्ड प्रभारी आरपीएन सिंह ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि राज्य में चरमराई बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अविलंब दुरूस्त कराया जाये सोषल मिडिया और फोन के जरिये राज्य की जनता से मिली शिकायतों के बाद श्री सिंह ने यह पहल की है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज निधन हो गया

पिछले बीस दिनों से उनका इलाज रायपुर में चल रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला के सबरजिस्टार राम कमार मधेसिया के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुडी र्षिकायतों की जांच का ऑदेष दिया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कृल इक्कीस लाख रूपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपा इसमें जिला प्रषासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन का वेतन शामिल है